कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी आदेष में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीष प्रदीप नान्द्रजोग का बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के कारण उनकी नियुक्ति की गयी है उनकी नियुक्ति श्री नान्द्रजोग के कार्य मुक्त होने से प्रभावी होगी

निर्वाचन विभाग के अनुसार बाड़मेर से खरताराम चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा इसी प्रकार जालोर सीट पर देवाराम ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परचा दाखिल किया है

जयपुर में आज संभाग के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता की कड़ी पालना करवाने के भी निर्देश दिए

ब्रिटिष हाई कमिष्नर पीटर कुक ने आज जयपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार से मुलाकात की इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने श्री कुक को चुनाव प्रकिया से जुडी जानकारियों र्स रूबरू कराया इस भेंट में श्री कुक ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव प्रबंधन की तारीफ की

अलवर जिले में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए जिले से लगती हरियाणा भरतपुर जयपुर और दौसा जिले की सीमाओं को सील बंद किया जाएगा

जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित और स्वीप प्रभारी वीसी गर्ग ने आमजन को गुलाल लगा मतदान की मनुहार की बीकानेर में मतदाता जागरूकता अभियान से स्वयंसेवी संस्थाएं भी जुड़ गई है एक संगठन की ओर से प्रकाशित मतदाता जागरूकता स्टीकरण का जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने विमोचन किया सवाईमाधोप्र जिले में स्वीप कैलेंडर के अनुसार आज मानव श्रंखला बनाकर मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया

झालावाड़ जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में मतदाता जागरूकता के लिए रंगोली बनाई गई झालावाड़ में झालरापाटन के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों में कला जत्थे का कार्यक्रम हुआ टोंक में आज जिले की सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स को ईवीएम और वीवीपेट की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई

कार्यशाला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनांश पाण्डे और विधायक मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं इस कार्यशाला में लोकसभा चुनाव के लिये पार्टी की रणनीति तैयार की जायेगी

नाकाबंदी के दौरान जब पुलिस ने कार को संदेह के आधार पर रोक कर जांच की तो उसमें पांच पांच सौ रूपए के नोटों की गड़िडयां मिली पुलिस ने नगदी जब्त कर चालक को पाबंद कर छोड़ दिया है इसी तरह पास के गुढा गांव में एक नाले में छुपा कर रखी गई करीब पांच लाख की शराब जब्त की गई है पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करीब पौने तीन सौ पेटी शराब बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है

राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दस मिनट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आठ मिनट तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बहजन समाज पार्टी को प्रसारण के लिए पांच मिनट का स्लॉट दिया गया इन स्लॉट में राजनीतिक दलों के बारे में प्रसारण होगा

उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाई का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है क्योंकि इसकी पहुंच इंटरनेट के जरिए देश के हर कोने में है

उन्होंने कहा कि इग्नू ने ऐसे अनेक पढ़ने वालों की राह आसान कर दी है जो उच्च शिक्षा के लिए नियमित तौर पर किसी संस्थान में नहीं जा सकते

दो छात्रों को स्वर्ण पदक दिया गया इस अवसर पर इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसका उदघाटन राजस्थान विश्वविद्यालय के कलपंति प्रोफेसर आर के कोठारी ने किया

धमाकों के कारणों का पता नहीं चल पाया है

बीकानेर में पुलिस ने एक घर पर दबिश देकर ऑनलाइन केसिनों पकड़ा है